मौसम विभाग ने प्रदेश में तीन दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने और शीतलहर चलने की चेतावनी की जारी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

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न विभागों की योजनाओं परियोजनाओं और विकास कार्यो का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे

सूचना और जनसम्पर्क विभाग की ओर से राज्य सरकार की दो वर्ष की उपलब्धियों पर प्रकाशित साहित्य का विमोचन और वर्चुअल प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया जायेगा मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्रिपरिषद के सदस्य भी शामिल होंगे इस कार्यक्रम का फेसबुक यू टयूब और अन्य सोशल मीडिया माध्यमों पर लाइव प्रसारण भी किया जाएगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के दो साल पूरे होने पर प्रदेशवासियों का आभार जताया है उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से हम प्रदेश की प्रगति के नए अध्याय लिखते हुए सभी के जीवन में खुशहाली के लिए कार्य करते रहेंगे

इस स्वीकृति से नगरीय निकाय और पंचायतीराज संस्थाएं अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति दे सकेंगी

इस कानून से देश के किसान अधिक स्वतंत्र और सशक्त होंगे कल किसानों को लिखे अपने पत्र में श्री तोमर ने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी की सेवा करने का प्रयास किया है उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षों का इतिहास इसका साक्षी है

उन्होंने कहा कि कई किसानों ने नए कानूनों का लाभ उठाना शुरू कर दिया है कई जगह किसानों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा की गई है और कुषिमंत्री के रूप में इसे दूर करना उनकी जिम्मेदारी है श्री तोमर ने संतोष व्यक्त किया कि नए कानूनों के लागू होने से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीद के सभी पुराने रिकॉर्ड ट्रट गए हैं श्री तोमर ने दोहराया कि एमएसपी जारी रहेगी उन्होंने कहा कि जो मंडियां पहले से ही काम कर रही हैं वे आगे भी काम करती रहेंगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी किसानों से कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा लिखे गए पत्र को पढ़ने का अनुरोध किया है और देशवासियों से इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया है

इन संगठनों ने केन्द्र सरकार द्वारा हाल में किए गए कृषि सुधारों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार किसान हितैषी सरकार है और नए कानून किसानों के हित में है वहीं केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में एक कार्यक्रम में कृषि सुधार कानूनों के विरोध को लेकर कांग्रेस की निंदा की है श्री शेखावत ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने कृषि सुधारों पर काम किया है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

इसके तहत न्यूनतम अर्हता अंकों को निर्धारित कर पदों के मुकाबले कम से कम दो गुणा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा इधर उच्च न्यायालय ने खेल पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने संबंधी नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है